मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर कुशीनगर देवरिया और महराजगंज जिलों के विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की समीक्षा की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भूमि सौदे में मुकदमेबाजी दूर करने के लिए व्यापक कानून बनाने का किया आह्वान प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का जताया पूर्वानुमान केन्द्र ने देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्ष जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुर्नभरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यह अभियान इस वर्ष पन्द्रह सितम्बर तक चलेगा केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समी सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की संरचना बनाई जाए अगर ऐसा नहीं है तो विशेष योजना के तहत उसका निर्माण किया जाना चाहिए मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में भवन निर्माण के नियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सुविधा मौजूद होने के बाद ही भवन निर्माण की अनुमति दी जाए साथ ही अधिवासी और पूर्णता पत्र देने से पहले इसकी जांच भी की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्य समयबद्व ढंग से पूर्ण करते हुए उसकी नियमित मानीटरिंग की जाये कोई स्टीमेट रिवाइज नही होना चाहिए यदि कार्य समयबद्व ढंग से पूर्ण नही हुआ तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नही होगी अधिकारीगण अपने दायित्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करें उक्त निर्देश मुख्यमंत्री ने कल गोरखप्र के सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में गोरखप्र जिले की समीक्षा बैठक करते हुए दिये इस अवसर पर उन्होंने अन्डरग्राउंड केबिल बिछाने के कार्य में शिकायत को अति गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के तीन अभियंताओं को निलंबित करने तथा संबंधित फर्म के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो और भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्व कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये हर थाने पर एण्टीरोमियो टीम गठित किया जाये तथा अवैध शराब अवैध खनन आदि पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए सरकारी शराब की दुकानों का भी आकस्मिक चेकिंग की जाये इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कुशीनगर जिले में गोरखपुर मण्डल के देवरिया कुशीनगर और महाराजगंज ज़िलों के विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की अधिकारियों के साथ मण्डलीय समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण संचारी रोग और स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाये जाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि थाना तहसील और विकास खण्डों को संवेदनशील बनाकर कार्य किया जाये तथा उद्योग बन्धु की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित की जाये मुख्यमंत्री ने क्शीनगर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए कार्य करने पर भी जोर दिया

उन्होंने इंसेफलाइटिस वार्ड में भर्ती बच्चों के अभिभावकों से अस्पताल में मिल रही दवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिये भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चो के पदाधिकारियों की कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की जे पी नड्डा ने कहा कि सदस्यता अभियान इस तरह चलाया जायेगा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान भाजपा को देशव्यापी पार्टी के रूप में स्थापित करने का माध्यम है उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अभियान दस करोड़ लोगों को शामिल करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सदस्यता अभियान समाज के कमजोर वर्गो तक पहंच सके केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भाजपा के बोटों में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है वे कल तिरूपति में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भूमि सौदों हस्तांतरण और पंजीकरण को मुकदमेबाजी से मुक्त रखने के लिए व्यापक और आदर्श कानून बनाने का आह्वान किया है उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही श्री वेंकैया नायडू ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का भी आह्वान किया है जिससे प्रत्येक लेन देन बिना किसी बाधा के हो सके उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को भूमि से संबंधित मुद्दों पर व्यापक कानून बनाने के लिए एक साथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करना चाहिए श्री नायडू ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज की आवश्यकता पर बल दिया उपराष्ट्रपति ने केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रक्रियाओं को सरल और उन्हें पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करने का अनुरोध भी किया

श्री पाण्डेय ने चंदौली के कमालपुर में भाजपा के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और कार्यकर्ता सम्मान समारोह में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में किसानों गरीबों महिलाओं और नौजवानों के हितों का ख्याल रखा गया है यह सभी वर्गो के कल्याण का बजट है

उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी नेतओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता निभायें और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर कार्यक्रम की प्रगति पता करें उन्होंने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत सुल्तानपुर में एक लाख लोगों को सदस्य बनाने के लिए प्रयास तेज किये जायें प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है और बारिश का क्रम जारी है कल लखनऊ कानपुर सीतापुर जौनपुर कौशाम्बी पीलीमीत हमीरपुर मऊ बलिया वाराणसी गोरखपुर महराजगंज सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली अधिकतम तापमान सामान्य से छ डिग्री तक कम हो गया है मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है बारिश के बाद किसानों ने धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया है कई स्थानों वर्षा जनित हादसों में पन्द्रह लोगों की जानें चली गयीं सबसे ज्यादा मौतें आकाशीय बिजली गिरने से हई है मिरजापुर और प्रतापगढ़ में दो दो लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई वहीं मुरादाबाद अंबेडकरनगर हाथरस प्रयागराज और अमेठी मे बारिश के चलते हुए हादसों में एक एक व्यक्ति की मौत का समाचार है

पूर्वी इलाके के क्छ जिलों में भारी बारिश हुई है जबकि राजधानी लखनऊ में भी रिमझिम बारिश को सिलसिला कई घंटों तक चला

मौसम विमाग ने प्रदेश में कुछ जगहों पर तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी मी जारी की है केन्द्रीय बजट में उर्वरक सक्सिडी आवंटन में लगभग दस हज़ार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है सरकारी बयान में बताया गया है कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में आवंटन उन्यासी हजार नौ सौ छियान्नबे करोड़ रुपये कर दिया गया है